केन्द्र सरकार ने लॉक डाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य के अंतर्गत जलापूर्ति बिजली और दूरसंचार से जुड़ी परियोजनाओं को छूट देने की घोषणा की है गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि सोलह अप्रैल दो हजार बीस को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेष के अनुसार अनुसूचित जाति और वन क्षेत्र में रहनेवाले लघु उत्पाद के एकत्रीकरण कटाई और बिकी को भी लॉक डाउन से छूट दी गयी है इसके अलावा बांस नारियल सुपारी और मसालों की खेती कटाई प्रसंस्करण बिक्री और विपणन में भी छूट दी गयी है

इधर कोरोना संकमण से राज्य में अब तक उनतीस मरीजों की पहचान हो चुकी है जिसमें सर्वाधिक रांची में चौदह बोकारो में नौ हजारीबाग और गिरिडीह में दो दो मरीज मिले हैं जबकि सिमडेगा और धनबाद में एक एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देष में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अस्सी प्रतिषत मरीज ठीक हो रहे हैं श्री अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में नियमित प्रेसवार्ता में इस आषय की जानकारी दी उन्होंने बताया कि पांच लाख किट राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेषों को दी गयी है श्री अग्रवाल ने बताया कि स्वदेषी तकनीक से बनी पीपीई कीट और वेंटिलेटर सहित अन्य स्वास्थ्य उपकरणों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के कोरोना संक्रमण का हॉट स्पॉट बने हिंदपीढ़ी मुहल्ले के निगरानी केन्द्र का जायजा लिया और आठ हजार परिवारों के लिए आकस्मिक राहत खाद्यान्न सामग्री के वितरण व्यवस्था की शुरूआत की इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदपीढ़ी इलाका पूरी तरह से लॉक डाउन और लोगों को घरों से निकलना बंद है ऐसे में किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न की कमी न हो यह सुनिष्चित किया जा रहा है

उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि एहतियात के तौर पर संबंधित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दी गयी है लोगों की सुविधा के लिए जिला प्रषासन की ओर से हेल्पलाइन नम्बर जारी किया गया है ताकि लोगों को किसी भी आवष्यक वस्तुओं के लिए परेषान न होना पड़े उन्होंने बताया कि आवष्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए ई पेमेंट जैसी सुविधा का इस्तेमाल करने का निर्देष दिया गया है उपायुक्त ने लोगों से अपने अपने घरों में रहने और सामाजिक दूरी बनाये रखने की अपील की है वैष्विक महामारी कोरोना को लेकर पूरे राज्य में पिछले चौबीस दिनों से लॉक डाउन जारी है इस बीच सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जिला प्रषासन द्वारा सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है चतरा जिले के सुद्रवर्ती गांवों में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राषि और खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को राषन मुहैया कराया जा रहा है

कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लागू लॉकडाउन पर चर्चा के लिए आज राजधानी रांची में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हई बैठक में वित्त मंत्री रामेष्वर उरांव स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और श्रम मंत्री सत्यानंद भोगता शामिल हुए बैठक में प्रवासी मजदूरों और समाज के अन्य वर्गों को राहत के लिए अतिरिक्त उपायों के संबंध में विचार विमर्ष किया गया इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोगता ने कहा कि सरकार राज्य और राज्य के बाहर रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें आवष्यक सहायता उपलब्ध करायी जा सके श्री भोगता ने बताया कि विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक बारह हजार दो सौ सतावन स्थलों पर पांच लाख सतानबे हजार एक सौ सतासी प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं जबकि सरकार द्वारा दस हजार एक सौ तिरेपन जगहों पर फंसे चार लाख सैंतालीस हजार दो सौ इकसठ मजदूरों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की गयी है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभुकों को निःषुल्क गैस उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीबों को लॉक डाउन के दौरान कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़े जनजातीय बहुल द्मका जिले के अधिकांष लाभुकों के खाते में इन दिनों आठ आठ सौ रूपये की राषि पहुंच गयी है लाभुक केन्द्र सरकार की पहल की सराहना कर रहे हैं

उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इन उपायों से छोटे व्यावसायियों अति लघु लघु तथा मध्यम उद्योगों किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक से ऋण लेने की सीमा बढ़ाने से राज्यों को सहायता मिलेगी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रुपये में भारी गिरावट और वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता के बीच कई नियामक उपायों की घोषणा की है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज रिवर्स रेपोरेट को चार प्रतिशत से घटाकर तीन दशमलव सात पांच प्रतिशत करने की घोषणा की रेपोरेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है उन्होंने लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से उबरने के लिये लघ् और मध्यम उद्योगों के लिए पचास हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की आरबीआई गवर्नर ने यह भी घोषणा की कि बैंकों के फंसे कर्जों के लिए समाधान योजना की अवधि नब्बे दिन तक बढ़ा दी जायेगी उन्होंने बताया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रियल स्टेट कंपनियों को दिये गये ऋणों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले लाभ के समान लाभ दिया जायेगा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

उन्होंने लोगों से स्वास्थ्यकर्मियों के कार्यों में सहयोग करने का आग्रह किया

वैष्विक महामारी कोरोना को लेकर आज गिरिडीह जिला प्रषासन के अधिकारियों की बैठक उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया गया लातेहार के उपायुक्त जीषान कमर ने आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देष दिया राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य हिस्सों में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की गयी है